प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरूआत की इसके जरिये बचत और चालू खाते धन हस्तांतरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और अन्य यूटिलिटी भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी पोस्टल बैंक की देशभर में छह सौ पचास शाखाएं और तीन हजार दो सौ पचास सेवा केन्द्र होंगे इस साल इकतीस दिसंबर तक देश के सभी एक लाख पचपन हजार डाकघरों को इस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि देश के बैंकिंग क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक दिन है

उन्होंने कहा कि पोस्टल बैंक में ग्रामीण डाक सेवकों की बड़ी भूमिका होगी

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को नई बैंकिंग प्रणाली के क्यूआर कार्ड सौंपे उपमूख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बयालीस हजार गांव को पोस्टल बैंक प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में और उपेन्द्र कुशवाहा सासाराम में पोस्तल बैंक के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित थे उजियारपूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद नित्यानंद राय समस्तीपुर में सांसद रामचंद्र पासवान शेखपुरा में प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार दरभंगा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय बेगूसराय में नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर में सांसद अजय निषाद अरवल में राज्यसभा सदस्य सीपी ठाकूर भागलपुर में प्रदेश भाजपा प्रभारी भूपेन्द्र यादव और पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के उद्घाटन के अवसर पर खाताधारकों को क्यूआर कार्ड सौंपा और नई बैंकिंग प्रणाली की विशेषताओं से लोगों को अवगत कराया भारत और नेपाल ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक महत्व के रक्सौल काठमांड् रेलमार्ग को विकसित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं यह प्रर्वी चम्पारण जिले के रक्सौल शहर को नेपाल की राजधानी काठमांड् से जोड़ेगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच इस आशय के सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुये यह समझौता दोनों शहरों के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के आरंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण के लिए किया गया है इस रेल मार्ग के शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ेगा और आर्थिक हितों को बढ़ावा मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अन्सूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कानून में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है लखनऊ में एक समारोह को संबोधित करते हुये श्री सिंह ने कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जा रहा है ना ही किसी का उत्पीड़न होगा श्री सिंह ने कहा कि यदि इस कानून का दुरुपयोग होगा तो राज्य सरकारें इस पर संज्ञान लेंगी केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवाद की समस्या पर काफी हदतक अंकुश लगा है अब नक्सली गतिविधियों का दायरा एक सौ छब्बीस जिलों से सिमटकर दस से बारह जिलों में रह गया है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियों की मिथिला कला से सजावट की प्रशंसा की है यूएन ने ट्वीट कर भारतीय रेल की इस पहल और कलाकारों की तारीफ की है अपने ट्वीट में यूएन ने कहा है कि कलाकारों ने अपनी अंगुलियों माचिस की तीलियों ब्रश नेचुरल डाई और रंगों के साथ जो कलाकृतियां बनाई हैं वे लाजवाब हैं गौरतलब है कि दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन को स्थानीय कलाकारों ने मिथिला पेंटिंग से सजाया है किसी आंचलिक कला से ट्रेन को सजाने का यह पहला प्रयोग है तेल कम्पनियों ने बिना सब्सिडी वाले और कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है अब उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए इकतीस रूपये और कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए अड़तालीस रूपये अधिक भुगतान करना होगा पशुपालन और मत्स्य विभाग के पूर्व विशेष सचिव देवेन्द्र प्रसाद की पटना में एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति जब्त कर ली गयी है उनकी पत्नी के नाम से भी खरीदी गयी जमीन को जब्त किया गया है यह कार्रवाई जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी न्यायालय के आदेश पर की है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अभी पटना की सम्पत्ति जब्त हुई है पांच सितम्बर को बांका के विजय नगर स्थित सम्पत्तियों को जब्त किया जायेगा देवेन्द्र प्रसाद पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला चल रहा है बक्सर जिले में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खुलने से गरीब परिवारों का वित्तीय समावेशन हुआ है गरीब लाभार्थियों को अब सीधे उनके बैंक खातों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट

खाता धारक सिमरी अंचल की निवासी शगुनी देवी बताती है कि छोटी मोटी बचत के पैसे भी वह बैंक में जमा कराती है

इससे लाभार्थी परिवारों में सम्मान का भाव जगा है आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दस आरोपियों की आज विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी हुई सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष पेश किया गया निगरानी जांच ब्यूरो ने कैमूर जिले के मोहनिया थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद रशीद खां को दस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है

समस्तीपूर में पिछले दिनों तिरपन लाख रूपये लूट के मामले में नगर थाना में पदस्थापित दो सहायक अवर निरीक्षक बीकेझा और शाहबाज आलम को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है केरल में बाढ़ राहत के लिए पूर्व मध्य रेल के कर्मियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पांच करोड़ इकतीस लाख रुपए का योगदान किया है वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया दियारा के पास से पुलिस ने तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है भोजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने दो महिला समेत दस अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और अब अंत में मुख्य समाचार देशभर में आज से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की हुई शुरूआत